म्ख्य अतिथि राष्ट्रीय स्रक्षा सलाहकार अजीत डवाल ने कहा कि बल आतंकवाद से निपटने मे पूरी तरह सक्षम है

रद्द करने अग्रिम ब्किंग टिकट रद्द करने और पैसे वापसी के मुद्दो पर तत्काल बैठक ब्लाने को कहा है

इस मौके पर म्ख्य अतिथि राष्ट्रीय स्रक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने केन्द्रीय रिज़व प्लिस बल के शहीदों को याद करते हये कहा कि प्लवामा में शहीद हये जवानों को देश कभी नहीं भ्ला सकता है उन्होंने कहा कि आंतरिक स्रक्षा मे केन्द्रीय रिज़र्व प्लिस बल सबसे मजबूत है और इस बल के जवानों ने राष्ट्रीय घ्वज का मान बधाया है

उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ में भर्ती की प्रक्रिया को आसान किया गया है और शहीदों के परिजनों को मदद स्निश्चित करने के लिये एक अलग प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है समारोह के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने एक भव्य परेड के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अत्याध्निक हथियारों के साथ मुख्य अतिथि को सलामी दी नागरिक उड्डन मंत्री स्रेश प्रभ् ने आज अपने मंत्रालय के सचिव को जेट एयरवेज़ द्वारा उड़ाने रद्द करने अग्रिम ब्किंग टिकट रद्द करने और पैसे की वापसी एवं स्रक्षा मुद्दो पर तत्काल बैठक ब्लाने को कहा है एक टीवट मे श्री प्रभ् ने कहा कि उन्होंने सचिव को नागरिक उडडयन के महानिदेशालय से जेट अन्पालन मुददो पर रिपोर्ट मांगने के लिये कहा है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पैसों की कमी से झूज रहे जेट एयरवेज़ द्वारा कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के कारण उनकी मनोदशा प्रभावित ह्ई है

उन्होंने कहा कि मैनेज़मेंट उनके वेतन की अदायगी मार्च महीनें तक करने के वायदे को पूरा नहं कर सकी जिसके कारण उनका भरोसा कंपनी उठ चुका है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मै भी चौकीदार एक जन आंदोलन बन गया है आज दोपहर नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हये केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह अभियान श्रू होने वाले दिन से ही टविटर पर विश्वभर से लोकप्रिय हो गा है

मंत्री ने मै भी चौकीदार अभियान का मजाका उड़ाने के लिये कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि जो लोग ज़मानत पर है और देश को लूटा है उन्हें इस अभियान पर आपति है उधर आज रोहक में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी विश्वास सांरग ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चौकीदार की भूमिका को जिम्मेदारी से निभाया है उन्होंने कहा कि आज विजय माल्य से लेकर नीरव मोदी तक सब पर शिकंजा कसा गया है हरियाणा में च्नाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मिया तेज़ हो गई है आज भिवानी में भिवानी महेन्द्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से बहजन समाज पार्टी व लोकतंत्र स्रक्षा पार्टी गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है हमारे संवाददता ने बताया कि उम्मीदवार ने च्नाव प्रचार श्रू कर दिया है इस गठबंधन में बसपा आठ सीटों पर और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी दो सीटों पर च्नाव लड़ेगी उधर भिवानी में आज पूर्व विधायक रणबीर महेन्दा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा के समन्वय के अध्यक्ष बनाये जाने का स्वागत किया है उधर रोहतक में आज भाजपा ने लोकसभा च्नाव के मददेनज़र एक पोस्ट नमो के नाम कार्यक्रम श्रू किया ताकि लोगों को सोशल मीडिया के जरिये अपने साथ जोड़ा जा सके हरियाणा प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने प्रदेशवासियों केा होली के पर्व पर द्सरे के प्रति संवदनशीलता बरतने और उपद्रव जैसी घटनाओं से दूर रहने की अपील की है आज पंचकुला में जारी एक बयान में श्री यादव ने कहा कि होली का त्यौहार एकता और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने का अवसर देता है और लोगों की ऐसे मौके पर कानून अपने हाथ में लेने से बचना चाहिए

श्री यादव ने कहा कि प्लिस होली पर शराब पीकर वाहन चलाने पर अंक्श लगाने के लिये विशेष नाके लगायेगी और सार्वजनिक व शिक्षण स्थानों पर छेड़छाड़ की घटनाये न हो इसके लिये प्लिसकर्मी गश्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी विश्वास सारंग ने लोकसभा च्नाव में हरियाणा में किसी भी पार्टी से गठबंधन करने में साफ इन्कार कर किया है उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी दस लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आज रोहतक में पार्टी रोहतक में पार्टी की एक प्रदेश स्तरीय बैठक में पहंचने पर वे पत्रकारों से बात कर रहे थे श्री सारंग ने कहा िक भारतीय जनता पार्टी च्नाव के लिये पूरी तरह तैयार है और वह पांच साल के अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जायेगी उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हये कहा कि केन्द्र सरकार ने आंतकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी है टिकट बटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा में टिकट का चयन एक नियम प्रक्रिया के तहत होता है प्रदेश च्नाव समिति चयन के बाद केन्द्रीय च्नाव समिति को नाम भेजती है औ संसदीय बोर्ड की अन्मोदन के बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा की जायेगी उधर सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत में इनैलो के साथ गठबंधन की चर्चाओं को सिरे से नकार दिया और कहा कि इनैलो ख्द ही ऐसी अफवाह फैला रही है आज आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की संभावनाओं पर टिप्पणी करते हये उन्होंने इसे दिखावा करार दिया और कहा कि क्छ लोग निजी स्वार्थ के लिये गठबंधन कर रहे है उनका देश हित से कोई लेना देना नहीं है हरियाणा में लोकसभा च्नावों को लेकर आज भी च्नाव अधिकारी सक्रिय है

उन्होंने राजनीतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन सामग्री छपवाने या प्रसारण करवाने से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी से प्रमाण पत्र लेने के आदेश भी दिये है फतेहाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी घीरेन्द्र खड़गटा ने भी आज विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रो का निरीक्षण कर स्विधाओं का जायजा लिया और अम्बाला मे निर्वाचन अधिकारी शरणदीप कौर बराड़ ने अधिकारियों को संवदेनशील और अति संवदेशनशील मतदान केन्द्रों पर पैनी नज़र रखने को कहा है

यमुनानगर स्थित हरियाणा डिस्लटरी को प्रद्यषण फैलाने के कारण हरियाणा प्रद्वषण कंट्रोल बोर्ड की टीम ने सील कर दिया है शराब बनाने वाली डिस्लटली हरियाणा का गंदा पानी डिच ड्रेन में छोड़ा रहा है

हरियाणा में आज दो अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं में दो लोगों की मृत्य् हो गई पलवल के क्डली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे मार्गपर टोल प्लाजा के निकट एक ट्रक ने सड़क किनाने खड़े ट्रोल को पीछे से टककर मार दी